केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक टवीट में कहा कि इसके लिए कशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बडे पैमाने पर कार्रवाई चल रही है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी वैक्सीन मंजूरी भारत के औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की को वाक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद डीसीजीआई ने यह निर्णय लिया पहली जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए को वाक्सीन की सिफारिश की गई थी एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने इस संबंध में घोषणा की

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी हैं उन्होंने कहा कि ये कोरोना के विरूद्ध संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है

हिमाचल कोरोना इधर प्रदेश में भी कोरोना से ठीक होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है

टीकाकरण प्रदेश के अन्य ज़िलों की तर्ज पर लाहौल स्पीति में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए युद्धस्तर पर तैयारी की जा रही है इस संबंध में उपायूक्त पंकज रॉय ने केलंग में टीकाकरण के लिए गठित जिला कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आपसी तालमेल से कार्य करें उन्होंने कहा कि टीकाकरण पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोलन जिले के कुठाड़ राजमहल में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र ँसिंह से भेंट की राठौर ने उन्हें नववर्ष ँकी बधाई दी और पार्टी की राजनैतिक गतिविधियों से अवगत करवाया

वीरमद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सफल कार्य नीति के लिए राठौर की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और कार्यकर्ताओ के साथ संवाद कर उनमे उत्साह व जोश भरेंगे